प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है मुख्य आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट का किया औपचारिक शुभारम्म कहा एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बुनियादी कदम प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य अगले सप्ताह से प्रत्येक ग्रूवार और शुक्रवार को किया जायेगा

उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता के सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो उसका उचित जवाब दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कल कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह का श्भारम्भ किया

जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिग्रा दी आज के ही दिन गुलामी के अंबेरे में वो चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था मैं तुमसे आजादी मागूंगा नहीं आजादी छीन तूंगा आज के दिन सिर्फ नेता जी सुमाष का जन्म ही नहीं हुआ था बल्कि आज भारत के नए आलगौरव का जन्म हुआ था भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था मैं आज कृतन्न राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रमाण करता हूं उन्हें सैल्यूट करता हूं श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र नेताजी की जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा प्रधानमंत्री ने नेताजी के बलिदान और योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करते रहें क्योंकि नेताजी देश के साहस के लिए प्रेरणा हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को जागृत कर दिया था उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया उन्होंने पूरे देश से हर जाति पंथ हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी नेताजी ने रानी झांसी रेजीमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोझ

उन्हें देस के लिए जीने का जज्बा दिया देश के लिए मरने का मकसद दिया श्री मोदी ने कहा कि दूनिया आत्मनिर्भर भारत के उस शक्तिशाली अवतार को देख रही है जिसकी नेताजी ने परिकल्पना की थी श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और सुभाष चन्द्र बोस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया एक सांस्कृ तिक कार्यक्रम अमरा नूतौन जौबोनेरी दूत भी आयोजित किया गया प्रधानमंत्री कल दोपहर कोलकाता पहुंचे और उन्होंने दक्षिण कोलकाता स्थित सेनानी सुभाष चन्द्र बोस के पैतुक निवास स्थान नेताजी भवन का दौरा किया और महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्वांजलि अर्पित की नेताजी की एक सौ पच्चीसवीं जयंती के लिए कल से वर्षमर के आयोजन शुरू हो गए है सरकार ने हर वर्ष तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकज्ट करने में प्रेरक भूमिका निभाई उधर कल प्रदेश भर में सुभाष जयन्ती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर मात्यार्पण कर उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की इस मौके पर श्री योगी ने लोगों से नेताजी द्वारा दिखाये गये रास्ते पर चलने का आहवान किया

मुख्य आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया गया है राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि

इस ऐप के लोंच का उद्देश्य प्रदेश की योगी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और व्यापार का सबसे हाईटेक प्लेटफार्म मुहैया कराना है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजघानी तखनऊ के शिल्पप्राम में आयोजित स्क्तर प्रदेश दिवसर के मुख्य कार्यक्रम की अच्छता करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे

गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस अवसर पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसकी थीम है श्र्क जनपद एक उत्पादर

इस साल का उत्तर प्रदेश दिवस का थीम है आत्मनिर्मर उत्तर प्रदेशरू महिला युवा और किसान रूसबका विकास सबका सम्मान इस स्थापना दिवस के दौरान राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग के ऐप स्टद्यम सारखीर का भी लोकार्पण किया जायेगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में आयोजित हनर हाट से राज्य के दस्तकारों और कारीगरों को अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये एक बेहतर मंच मिला है श्री योगी कल लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रलालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित हनर हाट का औपचारिक श्भारम्भ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बुनियादी कृदम है उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने का आहवान करते हए कहा कि स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल से न केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी बल्कि राष्ट्र को मजबूती भी हासिल होगी इस अवसर पर केन्द्रीय अत्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि इन हनर हाटों के आयोजन से न केवल परम्परागत हस्तशिल्पियों को आर्थिक फायदा मिलेगा बल्कि विविधता में एकता के रूझान को बल मिलेगा इस तरह की हनर हाट भारत के बाहर कई देशों में भी आयोजित की जायेंगी योकल फॉर लोकल की थीम पर आयोजित यह हुनर हाट आगामी चार फरवरी तक जारी रहेगी और विक्रण हमारे संवाददाता से राज्यानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हनर हाट नामक इस मेले में कला व्यंजन और संस्कृति का अनूठा संगम है जो आत्मनिर्मर भारत की थीम पर आयारित है इस प्रदर्शनी में देशमर के विमिन्न कोनों से शिल्पियों और दस्तकारों द्वारा हस्त निर्मित क्स्तुओं को सजाया गया है

हनर हाट का उद्देस्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफॉर्म चपलब्ध कराना भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के विस्वसनीय ब्राप्ड का निर्मोण भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों व शिल्पकारों की उन्नति तथा उन्हें सशक्त बनाते हुए उनको लघु उद्यमी के रूप में विकसित करना है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने के कार्य के प्रथम चरण में शुक्रवार को एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगायी गयी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में मीडिया को इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि टीकाकरण का काम अगले सप्ताह से प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार की कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्य योजना कारगर सिद्व हो रही है अयोध्या जिले के ग्राम परसावा मिल्कीपुर निवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बाबू सहदेव सिंह का कल स्वर्गवास हो गया वह छियान्नबे वर्ष के थे